राज्य सरकार ने पुलिस विभाग में मानद सहायक उपनिरीक्षक के पद सूजित करने का लिया निर्णय रोहतांग सुरंग से बस सेवा शुरू करने की मांग रक्षा मंत्रालय से उठाएंगे सांसद रामस्वरूप शर्मा शारदीय नवरात्र मेले आज से शुरू शक्तिपीठों व मंदिरों मे उमड़ी भक्तों की भीड़ राज्यपाल राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने वैज्ञानिकों को प्राकृतिक खेती पर अनुसंधान करने के निर्देश दिए है डॉ वाईएस परमार बागवानी व वानिकी विश्वविद्यालय नौणी की सीनेट की बैठक में उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों को रासायनिक खेती के दुष्प्रभावों का अहसास होना चाहिए और जीरो बजट प्राकृतिक खेती में योगदान देना चाहिए राज्यपाल ने कहा कि इस दिशा में गहन अनुसंधान की जरूरत है और वैज्ञानिकों को राज्य सरकार के प्राकृतिक खेती मिशन में सहयोग के लिए आगे आना होगा इस बीच राज्यपाल ने एक संवाद कार्यक्रम आचार्य की पाठशाला में स्कूली विद्यार्थियों से अपनी उर्जा रचनात्मक गतिविधियों मे लगाने का आहवान किया उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को समर्पण निष्ठा व पूर्ण विवेक से काम करना चाहिए मुख्यमंत्री मोती मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पुराने विद्यार्थियों और शीर्ष पदों पर आसीन लोगों से विद्यार्थियों के लिए आदर्श व मार्गदर्शक के रूप में कार्य करने का आहवान किया है वे आज शिमला में अखण्ड शिक्षा ज्योति मेरे स्कूल से निकले मोती योजना के तहत राज्य के विभिन्न स्कूलों से शिक्षा प्राप्त कर अनेक क्षेत्रों में नाम अर्जित करने वाले विद्यार्थियों के सम्मान समारोह में बोल रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल से न केवल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में घटती नामांकन दर को कम करने में मदद मिलेगी बल्कि शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थी भी कठिन परिश्रम के लिए प्रेरित होंगे

शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने अखण्ड शिक्षा ज्योति मेरे स्कूल से निकले मोती कार्यक्रम को मुख्यमंत्री की दूरगामी सोच का परिणाम बताया है इस बीच वनमंत्री गोबिंद ठाकुर ने कहा है कि ये योजना बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगी मुख्यमंत्री पुलिस राज्य सरकार ने पुलिस विभाग में मानद सहायक उपनिरीक्षकों के पद सृजित करने का निर्णय लिया है

जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने शिमला के भराड़ी में पुलिस अकादमी खोलने का सैद्वांतिक निर्णय भी लिया है जहां पुलिस कर्मियों व अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा

संजीव सुन्द्रियाल आकाशवाणी समाचार शिमला

सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ने आज पालमपुर में बताया कि योजना में भूमिगत जल व बाढ़ नियंत्रण में सुधार किया जाएगा और चैक डैम बनाकर किसानों को सिंचाई सुविधा मुहैया करवाई जाएगी महेन्द्र सिंह ने कांगड़ा जिले में बागवानी विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा भी की

इस अवसर पर प्रदेश में कई कार्यक्रम कर युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा की गई शिमला स्थित मानसिक स्वास्थ्य व पूर्नवास अस्पताल में आयोजित एक समारोह में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि नशीली दवाईयों का दुरूपयोग एक वैश्विक समस्या है और इस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए संयुक्त रूप से प्रयास करने की जरूरत है मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने की शपथ भी दिलाई इस अवसर पर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने युवा पीढ़ी के दिमाग से प्रतियोगी परीक्षाओं के बोझ को कम करने पर बल दिया वीरेंद्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने आज ऊना से मुख्यमंत्री युवा आजीविका योजना का शुभारंभ किया

रामस्वरूप सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा है कि निर्माणाधीन रोहतांग सुरंग से सप्ताह में एक बार राज्य परिवहन निगम की बस सेवा शुरू करने का मामला रक्षा मंत्रालय से उठाया जाएगा लाहौल स्पिति जिले के सिस्सु में आज लोगों की समस्याएं सुनने के बाद उन्होंने कहा कि बर्फबारी से सेब व अन्य फसलों को हुए नुकसान की रिपोर्ट मुख्यमंत्री और केन्द्र सरकार को सौंप कर जिले के लिए राहत पैकेज की मांग की जाएगी

स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने आज शिमला में अधिकारियों के साथ एक बैठक में बताया कि विभाग ने इस जानलेवा बीमारी से निपटने के लिए हरसंभव तैयारी की है और सभी जिलों से रिपोर्ट ली जा रही है

केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि केन्द्र सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने प्रदेश को हर सम्भव मदद का भरोसा दिलाया

कार्यशाला राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा प्रदेश में आपदा प्रबंधन पर जागरूकता के लिए समर्थ अभियान चलाया जा रहा है इसी कड़ी में आज शिमला में आपदा प्रबंधन में मीडिया की भूमिका विषय पर एक राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें मीडियाकर्मियों और पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों ने भाग लिया इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व मनीषा नंदा ने कहा कि आपदा से हर व्यक्ति के जीवन पर असर पड़ता है और लोगों को जागरूक करने में मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है कार्यशाला में मीडिया से जुड़े वक्ताओं ने आपदा प्रबंधन में मीडिया की भूमिका पर व्याख्यान दिया नवरात्र मां दुर्गा के शारदीय नवरात्र मेले आज से शुरू हो गए हैं प्रदेश में रिथित मां दुर्गा के पांच शक्तिपीठों सहित अन्य मंदिरों में आज पहले व दूसरे नवरात्रें पर भक्तों की भारी भीड़ रही और दूर दूर से आए श्रद्धालु मां के समक्ष नतमस्तक हुए मंदिरों में आज मां दुर्गा के पहले स्वरूप शैलपुत्री और दूसरे स्वरूप ब्रहमचारिणी की पूजा अर्चना की गई कांगड़ा जिले में प्रसिद्ध शक्तिपीठ चामुंडा माता मंदिर बजेश्वरी माता मंदिर मां ज्वाला जी मंदिर और चिंतपूर्णी माता मंदिर सहित बिलासपुर जिले में नैना देवी माता मंदिर में भक्तों की भीड़ देखते ही बनती थी शिमला के कालीबाड़ी और तारादेवी मंदिर में भी सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा और मां दुर्गा के भजनों से सारा वातावरण भक्तिमय बना रहा सोलन स्थित माता शूलिनी मंदिर में भी दूर दूर से आए श्रद्दालुओं ने मां के समक्ष शीश नवाया श्रद्दालुओं ने बताया कि शूलिनी माता उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करती है अनुराग सांसद और राज्य ओलम्पिक संघ के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने कहा है कि पदक विजेताओं व मेघावी खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए वार्षिक पुरस्कार समारोह आयोजित किया जाएगा हमीरपुर में आज ओलम्पिक संघ की बैठक में उन्होंने कहा कि इसके अलावा कोच और टीमों के अन्य सहायक कर्मचारियों को भी सम्मानित किया जाएगा इस बीच अनुराग ठाकुर ने बाद में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ एक बैठक में केन्द्र प्रायोजित योजनाओं को तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए क्रिकेट शिमला ग्रामीण क्षेत्र के सुन्नी में आज आओ नशा छोड़ें खेल खेलें अभियान के तहत टी टवेंटी क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू हुई विधायक विक्रमादित्य सिंह ने इसका शुभारम्भ किया

इस प्रतियोगिता का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखकर खेलों की ओर प्रेरित करना है मौसम लाहौल स्पिति जिले की उंची चोटियों पर आज एक बार फिर हल्का हिमपात हुआ जिससे जिले में ठंड बढ़ गई है हालांकि रोहतांग दर्रे पर यातायात सुचारू बना हुआ है राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई भागों में आज सुबह हल्की वर्षा से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है

विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद के सदस्य व विकलांगता मामलों के नोडल अधिकारी प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव ने बताया कि इस दौरान आईजीएमसी शिमला के नेत्र विभाग के चिकित्सकों द्वारा अंधता से बचाव उपचार और नेत्रदान व कार्निया प्रत्यारोपण पर व्याख्यान दिया जाएगा इसके अलावा दिव्यांगजनों को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी भी दी जाएगी